आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व त्योहार हमें सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं एक ओर जहाँ इनका पौराणिक महत्व है वहीं हर त्योहार जीवन के पाठ जैसे एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने की प्रेरणा बड़ी सहजता से सिखा जाते हैं कुंभ की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरेगी मेरा आप सब से आग्रह है कि जब आप कुंभ जाएं तो कुंभ के अलग अलग पहलू और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को कुंभ में जाने की प्रेरणा मिले

साढ़े पांच साल बाद फिर कॉडर रिव्यू किया गया है इसमें प्रदेश के चारों महानगर भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर में अपर कलेक्टर के एक एक पद बढ़ाए गए हैं वहीं जबलपुर इंदौर तथा ग्वालियर हाईकोर्ट और उसकी खंडपीठ है वहां डिप्टी कलेक्टरों के अतिरिक्त पद बढ़ाए गए हैं

यहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया मुख्यमंत्री कल पुलिस विभाग के भवनों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापना के लिये भूमिपूजन करेंगे छिंदवाड़ा प्रदेश का पहला जिला है जहां विभिन्न विभागों में सोलर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है नवीन व नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा पुलिस विभाग के भवनों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने रिनूवल इनर्जी सर्विस कंपनीज रेस्को पद्वति अपनाई जा रही है इसमें पुलिस विभाग के भवनों पर बिना कोई पूंजीगत निवेश किये रूफटॉफ सोलर परियोजना स्थापित हो सकेगी और हितग्राही भवन को अत्यंत कम दर पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी मौसम राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

इस सीजन का यह न्यूनतम तापमान है

राजगढ़ देवासष्बाजापुर रतलाम उज्जैन उमरिया मंडला बालाघाट दमोह और ग्वालियर में शीतलहर चल रही है जबकि छतरपुर बैतूल होषंगाबाद सिवनी और उमरिया में तीव्र शीतलहर चल रही है मौसम विभाग ने राज्य के राजगढ़ देवास शाजापुर रतलाम उमरिया उज्जैन मंडला बालाघाट सिवनी छतरपुर दमोह ग्वालियर दतिया और होषंगाबाद जिले में पाला पड़ने का अनुमान जताया है कृषि विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि तापमान में कमी होने पर फसलों व सब्जियों की सिंचाई शाम के वक्त करें इससे फसलों को पाले से बचाया जा सकता है रात के समय खेतों के किनारे आग जलाकर धुंआ करें

पद्मभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सेन ने कोलकाता के भोवानीपुर में अंतिम सांस ली उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने शोक व्यक्त किया

इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से टीमे भाग लेंगी

इस एप के माध्यम से बिजली रीडिंग की प्रकिया आसान होगी

इसमें देष की विख्यात कलाकार भाग ले रहे है